केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सहज रिटर्न फार्म ऐसे कारोबारियों के लिये है जो सिर्फ उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं कारोबारियों और उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने वालों के लिये सुगम फार्म लाया गया है औद्योगिक इकाई पिछले वर्ष पहली अप्रैल के बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाले प्रदेश के पर्यटन इकाई धारक केन्द्रीय प्रंजीगत निवेश प्रोत्साहन सुविधा का लाभ ले सकते हैं

केन्द्र सरकार द्वारा योजना को उत्पादन और सेवा क्षेत्र उद्यमों से जुड़ी नई व मौजूदा इकाइयों के लिये बढ़ाया गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंशी प्रेमचंद को श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे श्रेष्ठ लेखक व उपान्यासकार थे जिन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी कहानियों में किसानों गरीबों और जनसामान्य की असाधारण भावनाओं का चित्रण किया है इस मौके पर प्रदेश भर में भी कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे जलवायु परिवर्तन व्याख्यान जलवायू परिवर्तन और सतत विकास पर लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला हम चार जलवायु प्रदेश में आयोजित की जाएगी जिसका पहला व्याख्यान पहली अगस्त को शिमला के होटल मरीना के वाइसराय सम्मेलन हॉल में आयोजित किया जाएगा महानिदेशक विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र नई दिल्ली सुनीता नारायण व पर्यावरण शिक्षा केन्द्र के निदेशक कार्तिकेय वी सरभाई इस सम्मेलन में व्याख्यान देंगे पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि सीसीएआरआईई द्वारा ये व्याख्यान श्रृंखला कार्यान्वित की जा रही है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आमतौर मौसम साफ है पिछले दो दिनों से प्रदेश में मॉनसून के कमजोर होने से लोगों ने राहत की सांस ली है हालांकि चम्बा में बीती रात जोरदार वर्षा का समाचार है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है हिमाचल से सटी सीमा पर चीन की बढ़ रही गतिविधियां पंजाब केसरी की सुर्खी है सीमाओं पर चीन की हरकतें परेशान करने वालीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं तिब्बत सीमा की सुरक्षा बढ़ाना जरूरी आपका फैसला के अनुसार प्रदेश में आईटीबीपी को मजबूत करने की जरूरत मंत्रिमण्डल में बदलाव की तैयारी हिमाचल प्रभारी पांडे से मिले बिंदल दैनिक भास्कर की खबर है इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है वीरभद्र सरकार के तीन बड़े मामलों को जांचेगी जयराम सरकार पौधों की खरीद औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा व कौशल विकास निगम की होगी जांच चुनाव लड़ने वालों को भी मिलेगा मलाईदार ओहदा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार का यू टर्न पहले टिकट से वंचितों को ही देना था तोहफा

इसी अखबार की एक अन्य खबर है होशियार सिंह मामले में चार आरोपित गिरफ्तार

पॉवर मिनिस्टिर के पास नहीं बिजली बोर्ड चलाने की पावर बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल लेवल पर ही निपटा दिये जाते हैं सारे मामले खबर को पंजाब केसरी ने बॉक्स में प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल के दो आईएएस अफसर बने संयुक्त सचिव मौसम से जुड़ी खबर पर अजीत समाचार का कहना है राज्य में मॉनसून धीमा पड़ने से खिली धूप अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय बिजली की चुनौती में लिखता है कि ऊर्जा राज्य हिमाचल में मांग पूरी करने के लिये अगर सात घंटे बिजली कटौती करनी पड़ रही है तो स्थिति की गम्भीरता का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय मुसीबत में पहाड़े दा बसना में प्रदेश में बरसात के दौरान लगातार पहाड़ों के दरकने व हादसों पर चिंता व्यक्त की है